पछ्आ हवा के कारण प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड बढ़ी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद कांग्रेस पर देशविरोधी ताकतों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया है श्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुये कहा कि झूठ को ही अपना मूलमंत्र बना चुकी कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर देश को कमजोर करना चाहती है

आज देश के सामने दो पक्ष हैं एक पक्ष सत्य का है सुरक्षा का है सरकार का है जो हर तरह से कोशिश कर रही है कि हमारी सेना की ताकत बढ़े दूसरा पक्ष उन ताकतों का है जो किसी भी कीमत पर देश को कमजोर करना चाहता है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश रक्षा बलों के प्रति पिछली सरकार के रवैये को कभी नहीं भूलेगा और न ही माफ करेगा बाईट वन रैंक वन पेंशन का विषय भी तो चालीस साल से लटका हुआ था इसे भी हमारी सरकार ने पूरा किया ग्यारह हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि एरियर के तौर पर पूर्व सैनिकों को फौजियों को मिल भी चुकी है साथियों कांग्रेस के राज में न जवान की परवाह की जाती है न किसान की परवाह की जाती है इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने रायबरेली में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया श्री मोदी ने रायबरेली में आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री में निर्मित हमसफर रेलगाड़ियों की श्रंखला के नौ सौवें डिब्बे को झंडी दिखाकर रवाना किया

प्रधानमंत्री ने रायबरेली के दौरे के बाद प्रयागराज में अगले साल आयोजित होने वाले अर्ध क्म्भ मेले के लिए आध्रनिक कमान और नियंत्रण केन्द्र का भी लोकार्पण किया श्री मोदी ने कहा कि इस बार अर्धक्भ में आने वाले सभी श्रद्वालू स्नान के बाद अक्षय वट के दर्शन कर सकेंगे कई पीढ़ियों से ये अक्षयवट किले में बंद था उन्होंने कहा कि कुंभ को ध्यान में रखकर रेल मंत्रालय इस बार भी नई ट्रेनें चलाने जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि कुंभ का पर्व भारत और भारतीयता का सबसे बड़ा प्रमाण है उन्होंने कहा कि यह भाषा भूषा और भिन्नता को खत्म कर एक होने की प्रेरणा देता है भाजपा के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रफाल सौदे के बारे में विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने इस बारे में जो भी तथ्य दिए थे वे मनगढ़ंत साबित हुए हैं फेसब्क पेज पर एक पोस्ट में श्री जेटली ने कहा कि भाजपा की सरकार घोटाला मुक्त सरकार है जिसमें बिचौलियों और घोटालेबाजों को विदेशों में शरण लेनी पड़ रही है उन्होंने कहा कि रफाल सौदे में ना ही कोई रिश्वत दी गयी है और ना ही इसमें कोई बिचौलिया है उन्होंने कहा कि रफाल मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अब इसपर बहस बंद हो जानी चाहिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार के प्रयासों से पिछले चार वर्षो के दौरान आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में व्यापक सुधार आया है श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में विजय दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या नब्बे से घटकर अब केवल बारह रह गई हैं उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व में व्याप्त अराजकता में भी अस्सी प्रतिशत की कमी आई है रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है आज पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री क्शवाहा ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है रालोसपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी ने शिक्षा में सुधार के लिए नीतीश सरकार को पच्चीस सूत्री मांग पत्र सौंपा था जिसपर आज तक काम नहीं किया गया राजद नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है कि साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो पार्टी महागठबंधन में शामिल होना चाहती है उनके लिए दरवाजे खूले हैं मथुरा वृंदावन दौरे के बाद पहली बार राजद कार्यालय पहुंचे श्री यादव ने पत्रकारों से कहा कि घर और बाहर की लड़ाई अलग अलग है उन्होंने कहा कि वह जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं उन्नीस सौ इकहत्तर में पाकिस्तान पर भारतीय सेनाओं की जीत की स्मृति में आयोजित विजय दिवस पर आज कृतज्ञ राष्ट्र ने रणबांकुरों को श्रद्वापूर्वक नमन किया रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की

इस युद्व के बाद पूर्वी पाकिस्तान का बंगलादेश के रूप में उदय हुआ था

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस युद्ध में अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करने वाले शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है उपराष्ट्रपति वैंकेया नायड् ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से बहादुर सैनिकों के शौर्य और निस्वार्थ बलिदान को याद रखने का आह्वान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वीर सैनिकों की देशभक्ति और साहस ने पूरे देश की सुरक्षा सुनिश्चित की है उन्होंने कहा कि उनकी देशसेवा प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करती रहेगी इस अवसर पर दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंटल सेंटर में भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गयी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हनरमंद यूवा ही प्रदेश और देश का नाम रौशन कर सकते हैं श्री कुमार ने आज पूर्वी चम्पारण जिले के हरसिद्धि में कहा कि दो हजार पांच के बाद से अब तक प्रदेश में बाईस हजार नये स्कूल खोले गये हैं इन स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए तीन लाख से अधिक शिक्षकों का नियोजन किया गया है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन अमेरिका ने बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई प्रगति की प्रशंसा की है उन्होंने कहा कि इस अवसर पर टीबी उन्मूलन में निजी क्षेत्र की भागीदारी और डेंगू चिकनगूनिया जीका और इंसेफेलाइटिस उन्मूलन जैसे विश्व में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गयी राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में पछुआ हवा चलने से ठंड में बढ़ोतरी महसूस की जा रही है मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के कारण एक दो दिनों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाये रहने की संभावना व्यक्त की है जबकि भागलपुर सहित इसके आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान गया रहा जहां का न्यूनतम तापमान छह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान दस दशमलव चार डिग्री रहा नवादा जिले के अकबरपुर थाना के लखमोहना गांव के महादलित टोला में पुआल में आग लगने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की झुलसकर मौत हो गयी अकबरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि मृतक बच्चों के परिजनों को आपदा राहत योजना के तहत चार चार लाख रूपए दिए जाएंगे पटना में आयोजित हाफ मैराथन में लगभग छह हजार धावकों ने भाग लिया इसमें राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पहलवान गीता फोगाट भी शामिल हुईं दौड़ में देश विदेश के कई धावक शामिल हुए हाफ मैराथन के अलग अलग वर्गों की शुरुआत पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जिलाधिकारी कुमार रवि और वरीय पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने की बौद्धों के आध्यात्मिक गुरू दलाई लामा अपने बाईस दिनों के प्रवास पर आज बोधगया पहुंचे दलाई लामा कल महाबोद्धि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र के एझी गांव में करंट लगने से एक बच्ची की मौत हो गयी अररिया के जिलाधिकारी हिमांशु शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के छूटे हुये पेंशनधारियों को इस योजना से जोड़ने के लिए कल से इकतीस दिसम्बर तक सभी प्रखंडों में विशेष शिविर लगाने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया है

पछ्आ हवा के कारण प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड बढ़ी